मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य के भीतर और बाहर फंसे प्रदेशवासियों से जहां हैं वहीं बने रहने का किया आग्रह

प्रधानमंत्री ने लोगों को हो रही दिक्कतों के लिए क्षमायाचना करते हुए कहा कि भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश के पास कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए पूर्णबंदी के अलावा और कोई रास्ता नहीं था प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्णबंदी का उल्लंघन करने वाले अपने जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं उन्होंने कहा लॉकडाउन का नियम तोड़ने से कोरोना वायरस से बचना बेहद मुश्किल हो जाएगा प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें गरीबों के प्रति अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाना होगा ताकि संकट की इस घड़ी में कोई भी गरीब भूखा न रहे उन्होंने एक श्लोक का उल्लेख करते हुए कहा कि बीमारी और उसके प्रकोप से शुरू में ही निपटना चाहिए

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने का सबसे कारगर तरीका परस्पर सुरक्षित दूरी बनाए रखना है लेकिन साथ ही ये भी समझना होगा कि हम सामाजिक संपर्क खत्म न करें प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में देशवासी अपने देश के विकास के लिए सारी दीवारों को तोड़कर आगे आएंगे जयराम वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में कोरोना को लेकर दिए गए संदेश पर कहा कि हमें प्रधानमंत्री की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए मुख्यमंत्री ने कोरोना से निपटने के लिए समाज के हर वर्ग को और सजग होने की आवश्यकता जताई

उन्होंने प्रदेश के सभी लोगों की सुरक्षा की भी कामना की

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने राज्य के भीतर और बाहर फंसे प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि वाहनों की आवाजाही पर रोक के कारण जहां हैं वहीं बने रहें उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉनफ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में एक ज़िले से दूसरे ज़िले और बाहरी राज्य से आए लोगों की गतिविधियों पर नज़र रखी जाए उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान के काम में पंचायती राज संस्थाओं की सहायता ली जाए उन्होंने कहा कि जो लोग पहले ही प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं उन्हें सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थापित क्वारंटाइन केन्द्रों में रखा जाए मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि जो लोग विभिन्न स्थानों पर फंसे हैं उनके लिए भोजन और ठहरने की उचित व्यवस्था की जाए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इन लोगों की हर संभव सहायता के लिए प्रतिबद्ध है मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली और चण्डीगढ़ में फंसे हिमाचलियों की सुविधा के लिए हिमाचल भवनों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं जहां इनके भोजन और ठहरने की सुविधा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे भाजपा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आहवान पर कर्फ्यू के दौरान भारतीय जनता पार्टी गरीबों ज़रूरतमंदों और श्रमिकों को खानपान दवाईयों और अन्य आवश्यक वस्तुओं को प्रबंध में जुट गई है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्यभर में राशन दूध सब्जियां फल दवाईयां और घरेलू गैस सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को सुनिश्चित बना रही है

इस बीच राजीव बिंदल ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ वीडियो कॉनफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में कर्फ्यू की स्थिति पर भी चर्चा की उन्होंने जे पी नड्डा को कोरोना वायरस के चलते पार्टी की ओर से उठाए जा रहे कदमों की भी जानकारी दी

शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई

वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए जा रहें इंतजामों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में अपना एक माह का वेतन देने की घोषणा की है

उन्होंने कहा कि कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश सरकार हर गरीब तक राशन पहुंचाएगी ताकि इस महामारी में सभी को पेटभर कर खाना मिल सके गोविंद ठाकुर वन व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि कुल्लू ज़िला में प्रवासी मजदूरों का पता लगाकर सभी को निशुल्क खाद्यान की व्यवस्था की जा रही है

कांग्रेस कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस का नया मामला सामने ना आने पर संतोष व्यक्त किया है पार्टी के आपदा सहायता संघ के प्रभारी हरिकृष्ण हिमराल ने कहा कि इस महामारी का प्ररा खतरा अभी टला नहीं है ऐसे में सभी को पूरी ऐतिहायत बर्तनी चाहिए उन्होंने प्रदेश में आपदा प्रबंधन में लगे कर्मचारियों व सहायकों को उचित मात्रा में मास्क व सैनिटाइजर उपलब्ध करवाने की आवश्यकता जताई प्रेस कल्ब शिमला कोरोना के चलते लगाए गए कर्फ्यू के दौरान घरों में बंद गरीबों जरूरतमंदों व प्रवासी मजदूरों की मद्द के लिए शिमला प्रेस कल्ब भी आगे आए है कल्ब के पदाधिकारियों ने आज शहर के दो दर्जन गरीब परिवारों को राशन व आवश्यक सामान मुहैया करवाया उमंग फाउंडेशन ज़िला शिमला के ब्लड बैंकों में रक्त की भारी कमी के मद्देनज़र स्वयं सेवी संस्था उमंग फाउंडेशन ने आज शिमला ग्रामीण के सुन्नी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया